राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल लोक कल्याण के लिए रोडमैप को आकार देने में मदद कर सकते है जिन्होंने विकास यात्रा से उम्मीद के अन्रूप लाभ नहीं लिया है

राज्यपाल ने कहा कि संविधान के अन्सार राज्यपाल के पद प्रशासन में एक बडा स्थान रखता है श्री कोविंद ने कहा कि देश के उनहत्तर प्रतिशत विश्वविद्यालय सरकार के अधिकार मे आते है और राज्यपाल अधिकांश के क्लपति है अत राज्यपाल यह स्निश्चित करने में मदद कर सकते है कि छात्रों के प्रवेश और शिक्षकों की निय्क्तयों परीक्षायें और परिणाम घोषणा समय पर और पारदर्शी तरीके मे पूरी की जाये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राज्यपाल की संस्था संघीय संरचना और देश के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण निभाती है

श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय सम्दायों ने स्वतंत्रता संग्राम मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे डिजिटल संग्रहालयों में वंशावली के लिए रिकार्ड किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से इन गांवों को सात समस्याओ से म्क्त कर दिया गया है और ग्राम स्वराज अभियान अब पन्द्रह अगस्त की लक्ष्य तिथि पैसंठ हजार और गांवों तक बढ़ाया जा रहा है हरियाणा में आठ जून से मुख्यमंत्री से सीधी बात नामक एक नये कार्यक्रम की श्रूआत की जायेगा यह कार्यक्रम म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्ंडरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कौल परई ढाण्ड तथा हाबड़ी से श्रू करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बतायाकि कार्यक्रम के तहत म्ख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रो का दौरा करेंगे प्रवक्ता ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करना विकास एवं जन कल्याण की योजनाओ की जानकारी सांझा करना तथा फीड बैक लेना और जन समस्याओं का मौके पर निवारण करना है पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत जलवाय् न्याय तथा बेहतर जीवन शैली के लिए काम कर रहा है नई दिल्ली पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले राज्य पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि पर्यावरण भारतीयों के लिए एक नैतिक म्द्दा है और भावी पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे पूर्वज हमारे लिये क्या छोड़ गये है उन्होंने कहा कि भारत कड़े अन्संधान और विकास के माध्यम से बेस्ट ट्र वैल्थ के लिए काम कर रहा है और यह गर्व की बात है कि भारत इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के मेज़बानी कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणकार्यक्रम के प्रमुख एरिक सोलहेम ने अपने समबोधन में अपने उपग्रह को बचाने और प्रद्षण से लोगों को बचाने में अग्रणी भ्रमिका निभाने के लिए भारत को बधाई दी उन्होंने कहा कि यूएनईपी पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक नेता के रूप में भारत को बढ़ावा देना चाहता है और संयुक्त राष्ट्र ऐसे सभी प्रयासो में मदद करेगा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की है कि सम्पर्क केन्द्रों पर नगद पैसे जमा कराने की सीमा लोगों की स्विधा के लिए एक हजार रूपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये की जाये प्रशासक के सलाहकार श्री परिमल राय को लिखे पत्र में श्रीबसंल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी नगदी लेने देन के लिए बीस हजार और चंडीगढ़ नगर निगम ने भी बिलों की अदायगी के लिये बीस हजार की सीमा तय की है हरियाणा के प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता देगा इसके लिए दस करोड़ रूप्ये का कोष बनाया गया है

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्ल्ड कप डायमंड किक बॉक्सिंग मुकाबले मे एक स्वर्ण और रजत पदक लेने के लिए स्श्री मोनल क्करेजा को बधाई दी है अपने टवीट में मुख्यमत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में पदक जीत कर मोनल ने प्रदेश का नाम रोशन किया है

नीट की यह प्रवेश परीक्षा एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की है

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नीट के परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था

भिवानी जिलें के सांगा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय को अब शहीद एन के राजपाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांग के नाम से जाना जायेगा स्कूल प्राचार्य नरेश जांगड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत सांगा द्वारा स्कूल का नाम शहीद के नाम करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा था जिसे मंजूर कर लिया गया है

गौरतलब है कि जीत दर्ज कराने वाली दोनों म्क्केबाज़ हरियाणा से है रोयल स्पोर्टस प्रमोशन के डायरेक्टर जय सिंह शेखावत ने बताया कि फरीदाबाद के सचिवन ने लाईटवेट म्काबले अपने प्रतिद्वव्दवी को दूसरे राउंड में टैक्नीकल नोट आउट में मात दी और चंडीगढ़ के मुक्केबाज़ गगनदीप शर्मा ने सुपर मिडल वेट मे चौथे राउंड में प्रतिद्वव्दवी को नॉक आउट चित किया पंचक्ला से विधायक एवं म्ख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता ने आज प्रात पर्यावरण विभाग द्वारा सेक्टर पांच स्थित यवनिका पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मिनी मैरेथान को झंडी दिखा कर रवाना किया